जनधन योजना केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहंचा है जनधन योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए श्रू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाए हैं उन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की

योजना का श्भारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दृष्चक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था

जनधन योजना म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से गरीबों के जीवन में काफी सुधार हुआ है

इस योजना से गरीबों के जीवन में स्धार आया है सरकार की ओर से भेजी गई धनराशि सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पहुंच रही है उत्तराखण्ड को भी इस योजना का काफी फायदा हुआ है

सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पहंच रही है

बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया कैबिनेट मंत्री ने राज्य की राजकोषीय बाध्यता के बारे में अवगत कराते हए राज्य की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से ऋण लिये जाने पर विचार किये जाने और केन्द्र सरकार द्वारा बाजार से ऋण लेते ह्ए राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में भ्गतान करने विषयक मत जीएसटी परिषद के सामने रखा

कार्यशाला में जिलाधिकारी विनीत क्मार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेताओं के व्यापार पर काफी असर पड़ा हैं

इसमें केंद्र सरकार सात प्रतिशत और राज्य सरकार अतिरिक्त दो प्रतिशत ब्याज अन्दान देगी लाभार्थी को केवल ऋण की ही राशि मासिक किस्तों में देनी होगी उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में डिजिटल लेने देने की भी स्विधा उपलब्ध करायी गयी हैं उन्होंने पथ व्यवसायों से अपेक्षा की है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना लाभ उठाएंगे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

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने की अपील की उन्होंने कहा कि लोग अपने विचार नमो ऐप या माय गॉव ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं

न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अन्दान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अन्सार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अन्मति ले नी हो गी फीस विवाद प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से वसूली जाने वाली फीस को लेकर हरिद्वार में अभिभावक संत्ष्ट नहीं है हरिद्वार में एक निजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और अभिभावकों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल होने के बाद इस संबंध में हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज ने बताया की प्राइवेट स्कूलों के संबंध में मिल रही शिकायतों के बाद कई स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं स्कूलों की जांच के लिए टीमें भी गठित की गई है उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश पारित किया है जिसमें प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी गई है उन्होंने कहा कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

जिन सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से घर घर जाकर पढ़ाने का भी अभियान श्रू किया गया है मौसम प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है आज राजधानी देहरादून समेत पौड़ी टिहरी चमोली पिथौरागढ़ नैनीताल बागेश्वर और उधमसिंह नगर जिलों में भी बारिश की सूचना है बारिश से पर्वतीय जिलों में कई सड़कें बाधित हैं जिससे यातायात पर असर पड़ा है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि सड़कों को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है द्रस्थ स्थानों में बारिश और भूस्खलन से बिजली और पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है राष्ट्रीय खेल दिवस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश के खिलाड़ियों और य्वाओं को श्भकामनाएं दी हैं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द के जन्म दिवस के अवसर को खेल दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि खेलों का जीवन में विशेष महत्व रहा है खेलों के माध्यम से देश और दुनिया के खिलाड़ी एक मंच पर खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और सद्भाव बढ़ाने की दृष्टि से भी खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर य्वा खिलाड़ीयों से मेजर ध्यान चंद के जीवन से प्रेरणा लेकर खेल भावना के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संकल्प लेने को कहा है

इससे पहले मां नन्दादेवी परिसर में पूजा अर्चना हुई मां नन्दा सुनन्दा की प्रतिदिन होने वाली पूजा अर्चना और आरती का सजीव प्रसारण श्रद्धल्ओं तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी